कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इस दौरान राज्य भर में कड़े प्रतिबन्ध लागू रहेंगे आवश्यक चीजों को छोड़ कर सबक्छ बंद रहेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने एक वीडियो सन्देश में इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे हालाँकि कृषि औद्योगिक निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्वालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यो को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा पांच से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी जमा होना प्रतिबंधित रहेगा

धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कोरोना महामारी के फैलाव से बचाव एवं लोगों के उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए पंचेत स्थित डीवीसी हॉस्पीटल को डेडीकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर के रूप में चिन्हित करने के आदेश दिए हैं

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर स्थित कांतिलाल गांधी मेडिका अस्पताल का दौरा किया उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इस अस्पताल को दुबारा शुरू किया गया है

बैठक में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ संक्रमण को रोकने पर विस्तार से चर्चा की गयी इस मौके पर उपायुक्त ने जिले में टीकाकरण कार्य में और गति लाने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने जिले वासियों से अनावश्यक घर से बाहर ना निकले साफ सफाई के साथ फेस मास्क और शारीरिक दूरी के अनुपालन की भी अपील की है इधर कोडरमा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए जिला मुख्यालय और प्रखंडों में कंट्रोल रूम का गठन किया गया है उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि इसके माध्यम से लोगों की गतिविधियो पर नियंत्रण रखने के साथ साथ होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बैठक की इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही कंपनियों की सराहना की कोरोना महामारी के खतरे से निपटने के लिए खूंटी जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है इसके तहत ऑक्सीजन सिलिंडर सेट ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर मशीन कार्डिक मॉनिटर और कार्डिक एम्बुलेंस खरीदने की योजना है

देश में केवल दो महीने की अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग चार गुना कर दी गई है

राज्य के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वर्तमान स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन के आईसोलेशन में जाने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है इस सम्बन्ध में आज अधिसूचना जारी कर दी गयी है

कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है मंत्रालय की सचिव अपूर्वा चन्द्रा ने कहा कि यह सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर शुरू किया गया है मंत्रालय ने बताया कि संकट में फंसे मजदूर ई मेल मोबाइल और व्हॉटसप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं मुख्य श्रम आयुक्त दैनिक आधार पर सभी बीस नियंत्रण कक्षों की निगरानी कर रहे हैं

उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रख कर आम लोगों को रक्षा क्षेत्र में मौजूद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है रक्षा मंत्री ने कोरोना की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज यह बात कही बैठक में प्रमुख सेना अध्यक्ष बिपिन रावत तीनों सेनाध्यक्ष रक्षा सचिव डीआरडीओ अध्यक्ष और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक उपस्थित थे बैठक में श्री सिंह ने रक्षा विभाग को निर्देश दिया कि रक्षाकर्मियों और आम नागरिकों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि की जाए श्री सिंह ने सेना प्रमुख से यह भी कहा कि सेना के स्थानीय कमांडर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रदेशों में आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में उनका सहयोग करें कोरोना संक्रमण के कारण अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने भी टवीट कर इस बारे में जानकारी दी है

स्वास्थ्य मंत्री ने एक टवीट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है

मौसम में यह बदलाव सिर्फ एक दिन के लिए हो सकता है

आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियन्स से होगा यह मैच चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से होगा